कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नवादा और भागलपुर से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरूआत

इस चरण में एक हजार दो सौ उनचास नामांकन पाये गये हैं वैध

आज खूलेंगे मंदिरों के पट बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी आज सासाराम गया और भागलपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे आम लोगों के समक्ष एनडीए का विकास एजेंडा रखेंगे और गठबंधन का समर्थन करने की अपील करेंगे कोविड उन्नीस महामारी के बीच अधिकतम संभावित लोगों तक पहुंच बनाने के लिए भाजपा श्री मोदी की रैलियों का डिजिटल प्रसारण करेगी जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम और भागलपुर में श्री मोदी के साथ मंच साझा करेंगे इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी आज बिहार में चुनाव प्रचार की शुरूआत करेंगे श्री गांधी नवादा और भागलपुर जिलों में दो रैलियों को संबोधित करेंगे नवादा के हिसुआ में होने वाली रैली में राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का भी कैमूर में चुनावी सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है पहले और दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने चरम पर है एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी लगातार अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं का आयोजन कर रहे हैं इस सिलसिले में जदयू अध्यक्ष और मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल दरौंदा पारू मीनापुर हसनपूर और विभूतिपूर में जनसभाओं को संबोधित किया इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और कोन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे जदयू अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बिहार को नरसंहार के दौर से बाहर निकालकर विकास की राह पर लाया है वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राज्य के विकास की गति को और रफ्तार देने के लिए लोगों से एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बाढ औरंगाबाद और रोहतास में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हये कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति कर रहा है उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग सोच समझ कर करने की अपील की राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने रोहतास औरंगाबाद बक्सर और पटना जिले में चूनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों का लगातार पलायन जारी है श्री यादव ने एक बार फिर दोहराया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जायेगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सिकंदरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हये कहा कि यदि वे सरकार में आते हैं तो सात निश्चय योजना की जांच करवाई जायेगी बिहार भाजपा के चुनावी प्रभारी देवेन्द्र फडणवीस ने छपरा और मोतिहारी में जन सभाओं को संबोधित करते हये दावा किया कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता बाबू लाल मरांडी ने बौंसी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुये कानून के राज के लिए लोगों से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने कैमूर के द्र्गावती में चूनावी सभा को संबोधित करते हये केन्द्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर लोगों से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र क्शवाहा ने अरवल और अतरी में चूनावी सभाओं को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार में मजबूर नहीं मजबूत मुख्यमंत्री की जरूरत है इस बीच चूनाव प्रचार के दौरान पूर्व मंत्री नरेन्द्र सिंह की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना लाया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि अपने पूत्र और जमूई से रालोसपा प्रत्याशी अजय प्रताप के लिए चूनाव प्रचार करने के दौरान नरेन्द्र सिंह अचानक मूर्च्छित होकर गिर गये उन्हें हृदय संबंधी परेशानियां बतायी जा रही हैं निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाची पदाधिकारियों को चूनावी रैलियों में सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि मैदान की क्षमता से अधिक लोगों के रैलियों में सम्मिलित होने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है साथ ही गैर जिम्मेदार उम्मीदवारों और आयोजकों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने के भी निर्देश दिये गये हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है गौरतलब है कि जनसभाओं में सुरक्षित दूरी के मानदंड का उल्लंघन करते हुए भारी भीड़ एकत्र करने की कई घटनाएं सामने आयी हैं विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में अठहत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन वापस लेने का आज आखिरी दिन है नामांकन पत्रों की जांच के बाद इस चरण में एक हजार दो सौ उनचास नामांकन वैध पाये गये हैं कुल एक सौ बासठ नामांकन पर्चे खारिज कर दिये गये इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक हजार चार सौ ग्यारह नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे वहीं वाल्मिकी नगर लोकसभा उपचुनाव में सभी सात प्रत्याशियों के नामांकन सही पाये गये हैं और अब प्रस्तुत है आकाशवाणी पटना से विधान सभा चुनाव पर विशेष श्रंखला के तहत एक रिपोर्ट बाईट सुनते है जमूई जिले की चारों सीटों पर राजनीतिक परिदुश्य के बारे में

नये उम्मीदवारों के आने और कुछ सीटों पर बागी प्रत्याशियों के चुनाव में खडे होने से मुकाबला रोचक हो गया वर्ष दो हजार से देखें तो इस सीट पर कभी जनता दल यूनाइटेड और तो कभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ही जितते आये हैं पूर्व मंत्री विजय प्रकाश जमुई सीट के मौजूदा विधायक है भाजपा ने उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह को चुनावी अखाड़े में उतारा है वहीं पूर्व विधायक अजय प्रताप भी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार के रुप में मैदान में हैं जिले में झाझा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एकमात्र सीट है जहां से मौजूदा विधायक को उनकी पार्टी ने दोबारा मौका नहीं दिया है सीट शेयरिंग समझौते के चलते यह सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में चली गयी है इसके बाद बागी तेवर अपनाते हुए रविंद्र यादव लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर मैदान में डटे हुए हैं वहीं पूर्व मंत्री दामोदर रावत फिर से जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी के रुप में चुनावी अखाडे में हैं राष्ट्रीय जनता दल ने यहां से राजेंद्र प्रसाद को टिकट दिया है

राष्ट्रीय जनता दल ने अपने मौजूदा विधायक सावित्री देवी को फिर से चुनावी रणक्षेत्र में उतारा है वहीं जनता दल यूनाइटेड ने संजय प्रसाद को टिकट दिया है पूर्व विधायक सुमित कुमार सिंह अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ही चुनावी अखाडे में हैं जिले की चौथी सीट सिकंदरा अभी कांग्रेस के कब्जे में हैं पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी में फिर से भरोसा जताते हुए उम्मीदवार बनाया है जबकि एनडीए में यह सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के खाते में है मोर्चा ने प्रफुल्ल कुमार मांझी को प्रत्याशी बनाया है लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उतरने से मुकाबला रोचक होने के आसार है आकाशवाणी समाचार के लिए जमुई से पंकज कुमार भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है इसमें कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने बढ़ती बेरोजगारी दूर करने और कृषि क्षेत्र के विकास जैसे मुदृदों को शामिल किया गया है रेल पुलिस ने दिल्ली से आ रही महानंदा एक्सप्रेस से एक युवक को संतावन लाख रूपये के साथ बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया है गिरफ्तार यूवक कानपूर से आ रहा था मामले की जांच जारी है भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रत्न संजय कटियार को पुर्णियां रेंज का नया आईजी बनाया गया है वहीं पूर्णियां की प्रमंडलीय आयुक्त सफीना ए एन को कोसी प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है

शारदीय नवरात्र के सातवें दिन आज वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देवी दर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है श्रद्धालूओं के दर्शन के लिए आज मंदिरों में देवी दुर्गा का पट खुल जायेगा इसके साथ ही शारदीय नवरात्र की तीन दिवसीय महापूजा का भी आरंभ होगा दूर्गा पूजा को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश का माहौल भक्तिमय हो गया है इस बार कोविड के कारण सार्वजनिक स्थानों पर पंडालों और देवी दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना नहीं हुई है लोग अपने घरों में ही प्रजा अर्चना कर रहे हैं राज्य सरकार ने दूर्गा पूजा से पहले अपने सभी कर्मियों को वेतन देने का आदेश जारी किया है वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आदर्श आचार संहिता को देखते हुये चुनाव आयोग से इस मामले में एनओसी ले लिया गया है प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख संतानवे हजार एक सौ तिरानवे हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव दो दो प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या ग्यारह हजार छिहत्तर है जबकि इस वैश्विक महामारी से राज्य में अब तक एक हजार छब्बीस लोगों की मौत हुई है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्द्रस्तान ने भाजपा और जदयू के घोषणा पत्र से जूड़ी खबर को पहने पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है आत्मनिर्भर सक्षम बिहार का संकल्प दैनिक भास्कर की सुर्खी है भाजपा का बिहार में कोरोना वैक्सीन फ्री और उन्नीस लाख रोजगार का वादा दैनिक जागरण ने लिखा है पीएम मोदी और राहुल गांधी आज बिहार में प्रभात खबर की सुर्खी है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अड़तालीस दशमलव पांच तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बहत्तर दशमलव पांच प्रतिशत मतदान आज और राष्ट्रीय सहारा ने पटना कांग्रेस मुख्यालय में आयकर विभाग की छापेमारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नवादा और भागलपुर से चुनाव प्रचार की करेंगे शुरूआत

इस चरण में एक हजार दो सौ उनचास नामांकन पाये गये हैं वैध

आज खूलेंगे मंदिरों के पट